फायनल में नेपाल को हराया

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से है कोष के संचार निदेशक गैरी राइस ने बताया कि पांच वर्ष में भारत में कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किये गये है और उच्च विकास दर बनाये रखने के लिए अभी और सुधार किये जाने चाहिए श्री राइस ने कल रात वाशिंगटन में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि भारत में पिछले पांच साल में वृद्धि दर करीब सात प्रतिशत रही है बिहार गठबंधन बिहार में विपक्षी दलों के गठबंधन ने अपने घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे की आज पटना में घोषणा की

कांग्रेस को नौ सीटें दी गई हैं उपेन्द्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी पांच सीटों पर जबकि जीतनराम मांझी की हिन्दुस्तान अवाम मोर्चा और मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी तीन तीन सीटों पर चुनाव लड़ेंगी क्रिकेटर गंभीर जाने माने पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी गौतम गंभीर आज औपचारिक तौर पर भाजपा में शामिल हो गये भाजपा के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में गौतम गंभीर को भाजपा की सदस्यता दिलायी इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं कोन्द्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद भी उपस्थित थे गौतम गंभीर ने बाद में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से भी मुलाकात की श्री जेटली ने उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाये जाने को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की और कहा कि यह निर्णय पार्टी की चुनाव समिति करती है मतदाता जागरूकता लोकसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिये इन दिनों प्रदेश में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं डिंडौरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वीप योजना के तहत खेल गतिविधियों के जरिए मतदाताओं को जागरूक किये जायेंगे

खंडवा में भी स्वीप टीम द्वारा होली के दौरान फाग उत्सव में मतदान करने के लिये प्रेरित किया गया यहां मतदाताओं को वोट देने के लिये शपथ दिलाई गई नीमच कल जिला निर्वाचन अधिकारी रजीव रंजन मीणा दोपहर तीन बजे से फेसबुक लाइव के जरिये मतदाताओं से संवाद करेंगे इस दौरान श्री मीणा लोगों को मतदान में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने की अपील भी करेंगे राजगढ़ जिले में भी इन दिनों हाट बाजारों में ईवीएम और वीवीपेट मशीनों का प्रदर्शन किया जा रहा है यहां होली के रंग मतदान के संग अभियान भी चलाया जा रहा है झाबुआ में पिंक सप्ताह के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर रंगोली मेहदी प्रतियोगिता के जरिये महिलाओं को मतदान की शपथ दिलाई गई खरगौन रायसेन बैतूल शहडोल से भी मतदाता जागरूकता आयोजित किये जाने के समाचार मिलें हैं

इस अवसर पर ताजा पानी के महत्व और ताजा पानी के स्रोतों के टिकाऊ प्रबंधन के प्रयासों पर बल दिया जाता है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

उपराष्ट्रपति एमवेंकैया नायडू ने जल दिवस पर लोगों से अपील की है कि वे सभी को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने में सहयोग करें ट्वीट संदेश में श्री नायड् ने कहा कि ताजा पानी के स्रोतों के स्थायी प्रबंधन को बढ़ावा दें और सभी नदियों को और स्वच्छ बनाएं स्कूली बच्चो सहित सभी को पानी की हर बूंद बचाने का महत्व समझाया जाए क्योंकि पानी पर सभी का अधिकार है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 विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रदेश में भी जल संरक्षण और संर्वधन के संबंध में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम आयोजित किये गये राजधानी भोपाल इन्दौर जबलपुर और ग्वालियर में विश्व जल दिवस पर परिचर्चा और संगोष्ठियां आयोजित की गई खंडवा में नगरनिगम द्वारा लोगों को वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया इसमें लोगों को घर में पानी की बचत करने और अनुपयोगी पानी के बगीचे और अन्य जगह पर इस्तेमाल के बारे में बताया गया

कलेक्टर डॉ सुदाम खाड़े की अध्यक्षता में आज आयाजित की गई पीएनडीटी समिति की बैठक में यह निर्देश दिये गये डॉ खाड़े ने कहा कि इसके लिए जिन चिकित्सकों की तैनाती की गई है वह कार्य में लापरवाही न बरतें

भाईदूज आज भाईदूज का पर्व प्रदेश भर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है इस अवसर पर बहने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लम्बी उम्र की कामना करती हैं डिंडौरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी भाईदूज का पर्व पारंपरिक तरीके से मनाया गया यहां बहनों ने भाईयों को तिलक लगाकर आरती उतारी तो भाईयों ने भी बहनों को उपहार दिये भाईद्ज के मौके पर मुरैना जिले में जेलों में बंद कैदी भाईयों को तिलक लगाने और उनसे मुलाकात के लिये बहनों के पहुंचनें का सिलसिला सुबह से शुरू हो गया था जिला पुलिस अधीक्षक ने बंदियों से मिलने की अनुमति दी थी

आज नेपाल के विराट नगर में उसने फाइनल मुकाबले में नेपाल को एक के मुकाबले तीन गोल से हरा दिया

मौसम प्रदेश में तापमान में बढ़ोत्तरी होने से गर्मी के तेवर तेज हो गये है

वहीं जबलपुर संभाग के जिलों में सामान्य से काफी कम रिकॉर्ड किये गये है

शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम के बदलाव के बाद अब तेज धूप से दिन में गर्मी महसूस होने लगी है जिले में दिन और रात का तापमान सामान्य से तीन से चार डिग्री बना हुआ है वहीं टीकमगढ़ में गर्मी की दस्तक के साथ ही पानी की समस्या से निपटने के लिये प्रशासन सक्रिय हो गया है यहां जिला स्तर पर नियंत्रण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है जहां लोग हैंडपंप खराब होने या नल जल योजना बंद होने की सूचना फोन जरिए दे सकते हैं